राज्यपाल ने विभिन्न तकनीकों को हिन्दी के माध्यम से जन जन तक पहंचाने पर दिया बल दो दिन के अवकाश के बाद कल शिमला में फिर शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र अभियान केन्द्र सरकार ने शिक्षा के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मंत्रालय देशभर के स्कूलों और कॉलेजों में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाएगा

चण्डीगढ़ में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयकर संबंधी विवादों के निपटारे के लिए सरकार ने हाल ही में विवाद से विश्वास योजना शुरू की है बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है उन्होंने कहा कि इस योजना में कार्य कर रहे युवाओं को हर संभव सहायता दी जाएगी कांगड़ा जिले के ढलियारा महाविद्यालय के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि आज का युग तकनीक का युग है और ऐसे में तकनीक के माध्यम से नए अवसर पैदा करने की ज़रूरत है भेंट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में आज केन्द्रीय पैट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेद्र प्रधान से भेंट कर राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय सार्यजनिक उपक्रमों को राज्य में विकासात्मक गतिविधियों में सीएसआर के तहत धन लगाने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि विकास गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके

वे आज कुल्लू में एक बूटा बेटी के नाम योजना के तहत पौधों के वितरण समारोह में बोल रहे थे

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कसौली विधानसभा क्षेत्र के नाभों में स्वास्थ्य उपकेन्द्र के शिलान्यास अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार इस दिशा में गम्भीर प्रयास कर रही है महिला सशक्तिकरण महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक उत्थान की दिशा में केन्द्र व राज्य सरकार विभिन्न कदम उठा रही खासतौर पर महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है इस उद्देश्य से कई योजनाएं भी शुरू की हैं जिससे लड़कियों को अपनी शिक्षा पूरी करने और प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने में मदद मिली है महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी भूमिका बाखूबी निभा रही हैं और सरकार द्वारा भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है शिमला स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर में छात्राओं को अपनी शिक्षा पूरी करने के उद्देश्य से सरकार की विभिन्न्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत सहायता राशि दी जा रही है

महिलाएं समाज की नींव होती हैं और अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो वे एक स्वस्थ व सुदृढ राष्ट्र के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकती हैं ऐसे में सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं महिलाओं को शिक्षित आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में मददगार साबित हो रही हैं बिंदल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि पार्टी कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारियों की घोषणा जल्द की जाएगी

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्व की विभिन्न तकनीकों को हिन्दी के माध्यम से देश के जन जन तक पहुंचाने पर बल दिया है सोलन में आज हिन्दी साहित्य सम्मेलन के समापन पर उन्होंने कहा कि हिन्दी हमारे देश व समाज की आत्मा है और भारत की पहचान भी राष्ट्रभाषा हिन्दी से ही है राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को देश में अभी अपना स्थान बनाना है और इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की जुरूरत है शांता कुमार इस बीच सम्मेलन के बाद पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में सार्थक कदम उठाने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा होने के बावजूद अपने ही देश में हिन्दी भाषा की स्थिति दयनीय है

सदन की कार्यवाही दोपहर बाद दो बजे आरम्भ होगी इस दौरान प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगे राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कल भी जारी रहेगी

बजट सत्र पहली अप्रैल तक चलेगा दिव्यांग दिव्यांगों के लिए समर्पित नारायण सेवा संस्थान उदयपुर की हमीरपुर इकाई ने आज शहर में दिव्यांगों के लिए शिविर लगाया

इसके अलावा दिव्यांगों को व्हील चेयर और बैसाखियां भी बांटी गईं मैराथन राज्य महिला आयोग द्वारा राजधानी शिमला में महिलाओं के लिए पावर वॉक का आयोजन किया जा रहा है इसमें विभिन्न संगठनों की महिलाएं और शिक्षण संस्थानों की छात्राएं भाग ले रही हैं वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ऊना ज़िले में आज घंडावल भलोला पुल के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश दिए इस दौरान उन्होंने बसाल गांव में बीएसएफ के डिप्टी कमांडैंट चंद्रशेखर खडवाल की अंतिम यात्रा में शामिल होकर उन्हें श्रद्वांजलि भी दी चंद्रशेखर खडवाल पश्चिम बंगाल में तैनात थे और हृदयगति रूकने से उनकी मृत्यु हुई थी तीरंदाजी लाहौल स्पीति जिले के प्राचीन खेल तीरंदाज़ी को जीवन्त रखने के उद्देश्य से युरनाथ में आज तीरंदाज़ी प्रतियोगिता करवाई गई

समापन समारोह में एसडीएम अमर नेगी ने विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के माध्यम से फिट रहने का भी संदेश दिया गया मातवंदना चम्बा ज़िले के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में आज मातृ शिशु बैठकों का आयोजन किया गया इस दौरान महिलाओं को जहां प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत मिलने वाले लाभ के बारे में बताया गया वहीं पोषण का सही ध्यान रखने का आह्वान किया गया विधिक साक्षरता कांगड़ा जिले के नूरपुर की लदोड़ी पंचायत में आज विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी नितिन मित्तल ने इसकी अध्यक्षता की और कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों में न्याय के प्रति साक्षरता बढ़ाना है उन्होंने कहा कि न्यायालय द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया करवाने का भी प्रावधान है